घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया इसमें पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे किए हैं

प्रतिक्रिया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक केवल वायदे करने के अलावा कुछ नहीं किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावों से पहले झूठे वायदे कर बाद में मुकरने वाली पार्टी है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की गुमराह करने वाली नीतियों से भलीभांति परिचित है दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जनभावनाओं और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित दस्तावेज बताया है एक बयान में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ये दस्तावेज गरीबी उन्मूलन न्यूनतम आय गारंटी रोजगार क्रांति और देश के विकास को समर्पित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वायदे पूरा करती है और घोषणा पत्र में किए गए वायदों को सत्ता में आने पर हर हाल में पूरा किया जाएगा

नाहन में आज भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं में राजनीतिक परिपक्वता और जागरूकता समाज व देश में बड़े बदलाव का संकेत है बिंदल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में महिलाएं अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सजग हैं वहां विकास तीव्र गति से हुआ है किशन कपूर भाजपा नेता व कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के नौरा में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में आम आदमी के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से भारत आज अग्रणी श्रेणी में आ चुका है भाजपा नेता विपिन परमार ने भी युवाओं को संबोधित किया आश्रय शर्मा कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी टिकट लेने के बाद आश्रय शर्मा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम आज मंडी पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सलापड़ में उनका स्वागत किया कार्यशाला आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल विषय पर कार्यशाला आज शिमला में हुई शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि आपदा के समय नुकसान कम करने के साथ साथ प्रभावितों की सुरक्षा और उनका मानसिक व शारीरिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उन्होंने कहा कि मनोसामाजिक देखभाल से जहां आपदा प्रभावितों को भविष्य में पुननिर्माण के लिए जल्द तैयार किया जा सकता है वहीं इससे श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलती है मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए नारी शक्ति के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है शिमला जिले के जुन्गा में आज भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि किसी भी सफल लोकतंत्र में मातृ शक्ति की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के नए मतदाताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह है और वे मजबूत नेतृत्व चुनने के इच्छुक हैं उन्होंने स्थानीय लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सुरेश कश्यप को ऐतिहासिक जीत दिलाने का आग्रह किया भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज और वीरेन्द्र कश्यप भी सम्मेलन में मौजूद रहे पर्यटन राज्य में ग्रीष्म पर्यटन सीजन की व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज शिमला में एक बैठक हुई इसमें पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने अधिकारियों को पर्यटन सीजन के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को उचित और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह शिमला में इस बार पानी की समस्या की कोई संभावना नहीं है

बैठक में शिमला होटल एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे

जिले में महिला मतदाताओं के अनुसार वे चुनाव में ईमानदार और स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चुनना चाहेंगी उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी से मताधिकार के प्रयोग का आह्वान किया विज्ञापन लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करवाना ज़रूरी है इसके लिए ज़िला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समिति गठित की गई है बिलासपुर ज़िला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया कि ये समिति प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी प्रकार के विज्ञापनों और पेड न्यूज़ की श्रेणी में आने वाले समाचारों की भी गहनता से निगरानी कर रही है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज धर्मशाला में एक बैठक में बताया कि इन मतदान केन्द्रों पर विद्युत पेयजल और रैंप की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए ज्ञापन लाहौल स्पीति की तोद घाटी के दारचा और कोलंग पंचायत के लोगों ने सर्दियों में बर्फबारी से अवरूद्व हुई मूलभूत सुविधाएं जल्द बहाल करने की मांग की है इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आज केलंग में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा

साइबर सुरक्षा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पर किशोरों और विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है इसके माध्यम से साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में किशोरों को जागरूक किया जाएगा इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर अपराध की जानकारी दी जाएगी महिला व बाल विकास विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है जिसके तहत ऊना जिले में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

दोपहर बाद वे जस्वां परागपुर के डाडासीबा के अलावा देहरा में पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेंगे

पंजीकरण इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गया है